उनके अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता

चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है छत्तीसगढ़ में दो चरण में बारह नवंबर और बीस नवंबर को मतदान होगा मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक साथ एक ही चरण में अठाईस नवंबर को वोटिंग कराया जायेगा राजस्थान और तेलंगाना में सात दिसंबर को चुनाव होंगे सभी पांच राज्यों के लिए मतगणना एक साथ ग्यारह दिसंबर को करायी जायेगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि गर्भवती महिलायें और नवजात बच्चे सशक्त राष्ट्र की नींव होते हैं इसलिये उनके अच्छे स्वास्थ्य पर जोर दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ राष्ट्र का आधार होता है आज कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कल्याण और अधिकारिता सम्मेलन में श्री कोविंद ने कहा कि समाज में कई पाबंदियों के बावजूद लड़कों की तुलना में लड़कियां अपने संकल्प और कौशल की बदौलत कई क्षेत्रों में बेहतर कर रही हैं राष्ट्रपति ने कहा कि यह स्वागत योग्य है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए श्री कोविंद ने कहा कि बेटियों को अपनी क्षमता के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए अगर प्रोत्साहित किया जाए तो वे नई ऊंचाईयां छू सकती हैं श्री कोविंद ने कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से दस करोड़ से ज्यादा परिवारों और पचास करोड़ से ज्यादा नागरिकों को बीमा लाभ मिलेगा दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी रेलवे टेंडर घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पूत्र तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है विशेष जज अरूण भारद्वाज ने धन शोधन मामले में भी राबड़ी देवी तेजस्वी यादव और अन्य को अगले महीने की उन्नीस तारीख तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मुकदमों में लालू प्रसाद को अगले महीने की उन्नीस तारीख को वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये पेश होने का आदेश दिया है पटना हाईकोर्ट ने विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को उप मुख्यमंत्री आवास खाली करने का आदेश दिया है न्यायमूर्ति ज्योति शरण ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए नेता प्रतिपक्ष को सरकार द्वारा आवंटित आवास में ही शिफ्ट होने को कहा है गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष जिस आवास में इस समय रह रहे हैं वह उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित किया गया है

इस बीच इस मामले में गिरफ्तार इरफान से एसआईटी ने सघन पूछताछ शुरू कर दी है पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में वित्तीय अनियमितता के मामले में संबंधित कुलपतियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है राज्यपाल ने कुलपतियों को पत्र लिखकर कहा है कि वित्तीय अनियमितता के ठोस मामलों को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए गौरतलब है कि पिछले महीने कराये गये भौतिक निरीक्षण के दौरान विभिन्न महाविद्यालयों में वित्तीय अनियमितता के कई मामले सामने आये थे शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जायेगी गौरतलब है कि राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लगभग दो लाख पचास हजार पद खाली हैं नियोजित शिक्षकों में मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है कोर्ट दस अक्टूबर को फैसला सुनायेगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि पार्टी जहां एकता के लिए जहां काम करती है वहीं राजद और कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति करती है श्री राय ने कहा कि भाजपा का एक मात्र मकसद देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का उद्देश्य आम लोगों में भेदभाव पैदा करना है भागलपुर जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयरामपुर गांव में ग्रामीणों ने प्रलिस टीम पर हमला बोलकर तीन प्रलिसकर्मियों को घायल कर दिया नवगछिया की पुलिस अधीक्षक निधि रानी ने बताया कि पुलिस बल फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार करने गयी थी तभी ग्रामीणों ने उग्र होकर लाठी डंडे से पुलिस बल पर हमला कर दिया और अभियुक्त विपिन कुंवर को जबरन छुड़ा लिया वहीं जिले के रंगरा थाना के मुरली गांव में घात लगाये अपराधियों ने जनवितरण प्रणाली के विक्रेता तारिणी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी राजकोट में खेले गये पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी और दो सौ बहत्तर रनों से पराजित कर दिया तीन दिनों में ही यह मैच समाप्त हो गया इस जीत के साथ ही भारत ने दो टेस्ट मैचों की सीरिज में एक शून्य की बढ़त प्राप्त कर ली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बारह रुपये प्रति वर्ष की न्यूनतम प्रीमियम दर पर समाज के गरीब और निम्न आय वाले वर्ग के लोगों को दुर्घटना बीमा का लाभ मिल रहा है

योजना के लाभार्थी अमरेन्द्र कुमार कहते हैं कि मात्र बारह रुपये के प्रीमियम पर उनका जीवन काफी हद तक सुरक्षित हो गया है

पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का आज आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में उप शास्त्रीय गायन की प्रख्यात कलाकार नीता सूरमा समेत देश के जानेमाने कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वारिसलीगंज में पूर्व वार्ड पार्षद् संतोष कुमार के घर छापेमारी में सैंतीस अवैध रसोई गैस सिलेंडर जब्त किये गये हैं अनुमंडल पदाधिकारी आशीष नारायण ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत लाभुकों को दिये जाने वाले रसोई गैस सिलेंडर की हेराफेरी की लगातार सूचना मिलने के बाद छापेमारी की कार्रवाई की गयी जब्त किये गये सभी सिलेंडर उज्ज्वला योजना के लाभुकों के नाम जारी किये गये थे बेगूसराय जिला स्थित मंडल कारा में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में आपत्तिजनक समान बरामद किया कारा अधीक्षक के नेतृत्व में की गयी छापेमारी के दौरान विभिन्न वार्ड से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन सिम कार्ड और बैट्री चार्जर बरामद किये गये हैं रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुआर गांव के पास पुलिस ने तीन सौ पचास कार्टन विदेशी शराब बरामद की है वहीं बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोदरगावां डमुर गांव में पुलिस ने एक घर पर छापेमारी कर सत्रह कार्टन विदेशी शराब बरामद किया छापेमारी की भनक लगते ही सभी तस्कर मौके से फरार हो गये इधर खगड़िया जिले के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने चौवालीस बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को डिस्पोजेबल तौलिया उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है कटिहार मंडल रेलवे के सीनियर डीसीएम विवेकानंद द्विवेदी ने आकाशवाणी को बताया कि मंडल से खुलने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रैन के वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है शीघ्र ही अन्य मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में इसे लागू किया जायेगा

उनके अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता